संविधान दिवस देशभर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है

इस अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अधिकार और कर्त्व्य एक ही सिक्के दो पहलू है और नागरिकों को अधिकारों के बारे में सोचते समय कर्तव्यों का भी सोचना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश में स्वतंत्रता को सुरक्षित रखकर और मजबूत बनाया गया है उसे देखकर डॉ भीमराव अम्बेडकर को निश्चय ही प्रसन्नता होती राज्यपाल संविधान दिवस के मौके पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने यहां मौजूद सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलाई कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी समस्त शक्तियों का स्रोत भी है उन्होंने कहा कि हमारा संविधान जाति वर्ग धर्म और लिंग हर भेद से परे सभी को अवसर और जीवन की समानता का अधिकार देता है राज्यपाल ने कहा कि हम एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को पूरा करें साथ ही समाज और पर्यावरण की पूरी देखभाल करें हमारा संविधान हमें यही सीख देता है

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शपथ दिलाई कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा और गणेश जोशी समेत अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को निदेशक संजीव चोपड़ा ने संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर शपथ दिलाई उच्च न्यायालय नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथ के साथ ही अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे संविधान दिवस आज प्रदेश भर में जगह जगह सरकारी संस्थानों में संविधान दिवस समारोह का आयोजन कर संविधान की शपथ ली गई हरिद्वार में जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी ने जनपद के सभी कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान का पालन करने की शपथ दिलवाई पौड़ी के हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने संविधान की शपथ ली कार्यक्रम के सिनियर सिविल जज ने छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान की रूप रेखा से अवगत कराया रुद्वप्रयाग में जिलाधिकारी मंगेश धिडिल्याल ने जिला स्तरीय अधिकारियों को संविधान दिवस की बधाई दी और संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई टिहरी में भी सरकारी विभागों और स्कूलों में छात्र छात्राओं को संविधान की शपथ दिलाई गई चमोली जिले में सभी स्कूल और कॉलेजों में संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई स उधर उधमसिंह नगर जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल ने कलेक्ट्रेट में हुए कार्यक्रम के दौरान जनपद वासियों और कलेक्ट्रेट कार्मिकों को संविधान दिवस की बधाई दी और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया अल्मोड़ा जिले में भी सभी स्कूलों और कार्यालयों में संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई बागेश्वर में जिलाधिकरी रंजना राजगुरू ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि वो संविधान के महत्व को समझते हुए उसे आत्मसात करेंगे और संविधान में जो भी प्रस्तावना दी गयी है उसका पालन करने के साथ ही भारत के संविधान की गरिमा बनाये रखेंगे

योजना का शत प्रतिशत लाभ पात्र बच्चों को दिलाने के लिए निरन्तर मॉनीटरिंग भी दी जाएगी मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस आशय के निर्देश दिये हैं

मुख्य सचिव ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए नियमावली तैयार करने के निर्देश भी दिये सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि रिस्पना के पुनर्जीवीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा कार्यदायी एजेन्सी तय कर दी गई है कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है सोमवार को मुख्यमंत्री और साबरमती रीवर फ्रन्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष केशव वर्मा के बीच रिस्पना के पुनर्जीवीकरण के लिये तकनीकि सहयोग के सम्बन्ध में चर्चा हुई इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि रिस्पना के पुनर्जीवीकरण से देहरादून के पर्यावरण की शुद्धता और प्राकृतिक सौन्दर्य की भी बढ़ावा मिलेगा इससे पर्यटकों को भी सुविधा होगी श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनके द्वारा कार्यदायी संस्था को पूरा सहयोग दिया जा रहा है मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की बारिश का दौर जारी है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है जिससे मौसम काफी सर्द हो गया है देहरादून बागेश्वर अल्मोड़ा चमोली चंपावत समेत कई जगह सुबह से ही हल्की बारिश होने लगी हालांकि दोपहर बाद मौसम खुला लेकिन सर्द हवाओं से लोग परेशान रहे वहीं चमोली जिले में बद्रीनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी रूपकुंड रुद्रनाथ बेदनी बुग्याल सहित कई इलाकों में बर्फबारी हुई उधर बागेश्वर जिले के पिंडर घाटी के उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून नैनीताल टिहरी पौड़ी और हरिद्वार में ओलावृष्टि हो सकती है वहीं कल उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है विस्थापना जमरानी बांध निर्माण से पहले डूब क्षेत्र और प्रभावित लोगों को ऊधम सिंह नगर चम्पावत जिले के बनबसा और टनकपुर में बसाये जाने की कवायद शुरू हो गयी है कुमाऊं मण्डल आयुक्त राजीव रौतेला ने हल्द्वानी में इसको लेकर समीक्षा बैठक की जिसमें नैनीताल और उधम सिंह नगर के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि जमरानी बांध का निर्माण केन्द्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है

उन्होंने मुख्य अभियंता सिंचाई को सर्वे का कार्य हर हाल में दिसम्बर तक पूरी करने के निर्देश दिये उन्होंने जिलाधिकारी सविन बंसल को जिले के किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं

चम्पावत जिले के टनकपुर और बनबसा में भी जमीन चिन्हित की जा रही है डीआइजी दौरा पुलिस उप महानिरीक्षक जगत राम जोशी ने पहाड़ो में चरस व स्मैक के नशे के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त की है चम्पावत जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि पहाड़ों पर विशेष तौर पर युवा में नशे की चपेट में आ रहे हैं उन्होंने कहा जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है उन्होंने लोगों से नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का सहयोग करने की अपील की जिला कारागार निरीक्षण अल्मोड़ा में जिला न्यायाधीश प्रदीप पंत जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीएन मीणा ने जिला कारागार का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान जिला जज ने प्रत्येक बैरक में रह रहे बन्दियों से उनके स्वास्थ्य खानपान और मुकदमे की पैरवी में आ रही परेशानी के बारे में जानकारी ली जिला जज ने जेल में बन्दियों को रखने की क्षमता से अधिक बन्दी होने पर अन्य बैरकों में समायोजन करने के निर्देश जेल अधीक्षक को दिये

साथ ही कॉर्बेट और राजाजी पार्क में बाध और हाथी की अधिकतम धारण क्षमता का अध्ययन कराया जाएगा देहरादून में हुई राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिये गए